कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह पर रोक लगा दी है इसके साथ महाराष्ट्र पंजाब और केरल से हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को कोरोना संक्रमित नहीं होने का प्रमाण पत्र देना होगा इसके बिना उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी

स्टेशनों पर रैंडम एंटीजेन टेस्ट करवाने की भी व्यवस्था की गयी है इधर नेपाल से सटे पूर्वी और पश्चिम चम्पारण सीतामढ़ी मधुबनी सुपौल अररिया और किशनगंज जिले में जांच बढ़ा दी गयी है राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपलक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि इन जिलों में आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद कोरोना के लक्षण मिलने पर एंटीजेन जांच करायी जायेगी वहीं राजधानी पटना में जिला प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने वाले अठारह दुकानदारों को नोटिस भेजा है इसके साथ ही एक सौ अठहत्तर लोगों से मास्क नहीं लगाने के आरोप में जुर्माना वसूला गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड टीके की दो खुराकों के बीच जो अंतराल बढ़ाया गया है वह केवल कोविशील्ड टीके के लिए है कोवैक्सीन के लिए यह अवधि नहीं बढ़ाई गई है देश में कोविड टीकाकरण के तहत इन्हीं दो टीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने संवाददाताओं से कहा कि कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच अंतराल को पहला टीका लगने के बाद चार से आठ सप्ताह कर दिया गया है

लेकिन साइंटिफिक एविडेन्स यह कहा है कि आपको मिलने वाला प्रोटेक्शन बढ़ जाता है अगर दूसरी डोज आप छठे सातवें या आठवें हफ्ते में लगवाएं श्री भूषण ने बताया कि सरकार ने पैंतालस साल से अधिक उम्र के नागरिकों को भी पहली अप्रैल से कोविड टीका लगाने की अनुमति दे दी है

अब कोमोर्बिडिटिज की शर्त को हटा दिया गया है यह भी कहा गया कि इस प्रक्रिया के लिए जो रजिस्ट्रेशन है कोविन पर यो पहली अप्रैल से प्रारंभ होगा

भारत ने वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक विशिष्ट उपलब्धि हासिल की है देश में लोगों को दिए गए कोरोना वैक्सीन डोज की कुल संख्या पांच करोड़ इक्कीस लाख से अधिक हो गई है इनमें उनासी लाख छप्पन हजार स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्होंने टीके की पहली खुराक ली है और पचास लाख सैंतालीस हजार स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीके की दूसरी खुराक दी गयी इनके अलावा चौरासी लाख तेरह हजार अग्रिम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पहला टीका लगवाया है और करीब बत्तीस लाख अग्रिम कार्यकर्ताओं को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल कोरोना के देशव्यापाी टीकाकरण के अड़सठवें दिन तेरह लाख चौवन हजार नौ सौ छिहत्तर टीके लगाए गए दिल्ली स्थित के सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर अनूप कुमार ने कहा है कि कोविड के अधिकतर मामले पैंतालीस वर्ष के ऊपर के लोगों में पाये गये हैं

पटना में तीन सौ से अधिक सक्रिय मामले हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल प्रदेश में एक सौ सत्तर नये मामलों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक पटना से चौहत्तर पॉजिटिव मामले सामने आये हैं इनमें एनएमसीएच के शिशु रोग विभाग की एक नर्स समेत कौटिल्य नगर और सरिस्ताबाद में एक एक परिवार के आठ आठ व्यक्ति संक्रमित पाये गये हैं राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव एक सात प्रतिशत है राज्य के सभी गांव में बिजली पहुंचाने के मामले में मानक के अनुसार डीपीआर नहीं बनाये जाने के कारण सरकार को करोड़ों रूपये का नुकसान उठाना पड़ा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गयी है रिपोर्ट में कहा गया है कि बिजली कंपनियों ने बिजली उपकरणों की खरीददारी में अनियमितता की है साथ ही बिना सर्वेक्षण के ही डीपीआर बनाया गया है इसके साथ ही बिजली कंपनी ने बीमा दावों का सही तरीके से निपटारा नहीं किया तथा गलत तरीके से राशि खर्च की है राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है निर्देश में कहा गया है कि कोई सरकारी सेवक किसी भी अभ्यर्थी का एजेंट बनता है तो उसे तीन महीने की जेल और जुर्माने की सजा होगी इधर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायत चूनाव में आरक्षण का रोष्टर नहीं बदलेगा उन्होंने कहा कि वर्तमान रोष्टर वर्ष दो हजार छह में आया था नया रोष्टर दो हजार छब्बीस में आयेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मुख्य परीक्षा के परिणाम जारी कर दिये राज्य के गोपालगंज जिले के रहने वाले कुमार सत्यदर्शी ने शत प्रतिशत परसेंटाइल हासिल किया है इसके साथ ही सत्यदर्शी ओबीसी वर्ग में भी टॉपर बने हैं वहीं राज्य के अभिनव को ओबीसी वर्ग में चौथा स्थान मिला है बिहार लोक सेवा आयोग ने छियासठवीं प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है परीक्षा में छह सौ नवासी पदों के लिए आठ हजार नौ सौ संतानवे अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये हैं रेलवे होली पर्व के मौके पर बिहार के लिए ग्यारह जोड़ी स्पेशल रेलगाड़ियो का परिचालन करेगा ये रेलगाड़ियां छब्बीस सत्ताईस और अट्ठाइस मार्च को विभिन्न स्टेशनों से खुलकर पटना दानापुर और प्रदेश के अन्य स्टेशनों पर पहुंचेगी आयूष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए दस करोड़वां आयुष्मान कार्ड बिहार के एक निवासी को दिया है यह कार्ड गोपालगंज जिले के इरफान अली को मिला है यह शानदार उपलब्धि आपके द्वार आयुष्मान अभियान का नतीजा है जिसे इस कार्यक्रम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चलाया जा रहा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है नमामि गंगे योजना के अंतर्गत गंगा नदी की अविरलता और प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मोकामा से लेकर हल्दिया तक गंगा नदी का एरियल सर्वे काम आज से शुरू होगा सर्वेक्षण के लिए केन्द्रीय टीम भागलपुर पहुंच गयी है जो अगले दस दिनों तक सर्वे का कार्य करेगी सर्वे दल के प्रमुख रामाकृष्ण रेड्डी ने बताया कि गंगा का सर्वेक्षण प्रतिदिन चार घंटे किया जायेगा जिससे उसकी गहराई क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और नदी में जलप्रवाह की जानकारी मिलेगी बेगूसराय जिले में चार दारोगा और एक सिपाही को कर्तव्यहीनता के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है जबकि एक दारोगा का डिमोशन कर दिया गया है साथ ही एक सिपाही को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिलायी गयी है पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने बताया कि अवर निरीक्षक श्रीकांत राय सहायक अवर निरीक्षक बालेश्वर पासवान और सिपाही अभिनव आनंद को शराब पीने तथा सहायक पुलिस अवर निरीक्षक विनोद कुमार पाल को शराब से संबंधित फोटो का विडियो वायरल होने और कपिलदेव कुमार को शराब मामले में रिश्वत लेने के आरोप में बर्खास्त किया गया है आरक्षी अधीक्षक ने बताया कि पुलिस अवर निरीक्षक ब्रजेश कुमार का एक शराब कारोबारी को लाभ दिलाने के आरोप में डिमोशन किया गया है तथा सिपाही अशरफी पासवान के घर से शराब मिलने के मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्ति करवायी गयी है राज्य के विभिन्न भागों में बादलों के छाये रहने के कारण तापमान में कमी आयी है अगले अड़तालीस घंटों तक यही स्थिति बने रहने की संभावना है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसम शुष्क बना रहेगा कई स्थानों पर धूल भरी आंधी भी चलने की आशंका है इधर प्रदेश में सबसे अधिक तापमान भागलपुर का रहा जहां का उच्चतम तापमान सैंतीस दशमलव दो डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ने पटना जिले के सदर अंचल के अंचलाधिकारी पर सूचना नहीं देने के आरोप में पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना लगाया है बांका जिले में लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता अरूण कुमार को कार्य में लापरवाही और गलत रिपोर्ट देने के आरोप में जबरन सेवानिवृत्ति करा दी गयी है निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने समस्तीपुर जिले के बिथान प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार को एक शिक्षक से दस हजार रूपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया जमुई जिले के सोनो थाना की पुलिस और सीआरपीएफ ने एक संयुक्त कार्रवाई में तितरिया क्षेत्र से एक हार्डकोर नक्सली संजय मरांडी को गिरफ्तार किया है आज के सभी समाचार पत्रों ने विधान सभा में विपक्ष के हंगामे की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है गतिरोध संग सत्र का समापन दैनिक जागरण लिखता है ठीक एक साल पहले लॉकडाउन से ठहर गया था देश प्रभात खबर ने लिखा है विपक्ष के तमाम उकसवे के बाद भी सत्तापक्ष ने नहीं खोया धैर्य दैनिक भास्कर ने राजधानी पटना में आर ब्लॉक फ्लाई ओवर के आज से शुरू होने की खबर पर लिखा है विधान मंडल से दस मिनट में ही पहुंचेंगे गांधी मैदान कंकडबाग दैनिक आज की बड़ी खबर है एक से बढ़ेगा मदरसा तथा संस्कृत शिक्षकों का वेतन मूल वेतन में होगी पन्द्रह प्रतिशत की वृद्धि